वे आज शिमला में लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कालका शिमला फोरलेन परियोजना के तहत सोलन कैथलीघाट के कार्य को अगले वर्ष के अंत तैक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए

जयराम ठाकुर ने कैथलीघाट ढली फोरलेन परियोजना का मुद्दा जल्द सुलझाने की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं में वन स्वीकृतियों के कार्य को शीघ पूरा करने को भी कहा ताकि इनके कार्य में विलम्ब न हो

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना के बंगाणा में भिनी सचिवालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि मिनी सविचालय के साथ साथ ब्लॉक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है विक्रम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के परागपुर में राजकीय आयुर्वेदिक व स्वास्थ्य पंचकर्म केन्द्र का विधिवत शुभारम्म किया इस अवसर पर उन्होंने ेकहा कि ये केन्द्र ॅप्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग व पर्यटन विभाग को सांझा उपक्रम होगा और धरोहर गांव के पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि करेगा विक्रम ठाकर ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में भारतीय चिकित्सा पद्वति व आयुर्वेद ने संजीवनी का कार्य किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और स्वदेशी पारम्परिक उपचार की विधाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले दिनों किसी कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ सहित आज सुबह रैपिड एंटीजन कोरोना टैस्ट करवाया था गोविंद ठाकर ने कहा है कि इस टैस्ट में उनकी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई है वे चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार घर में आइसोलेट हो गए हैं और अपने सम्पर्क में आए सभी लोगों से स्वास्थ्य जांच कराने का उन्होंने आग्रह किया है इलैक्ट्रिक बस राज्य पथ परिवहन निगम की पहली इलैक्टिक बस का आज मनाली से केलंग के बीच सफल टायल कराया गया

इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईधन की बचत होगी और सर्दियों में अधिक ठण्ड के कारण बसों को स्टार्ट करने की परेशानी से भी निजात मिलेगी उल्लेखनीय है कि इससे पहले सर्दियों के दौरान रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी के कारण मनाली और केलंग के बीच इलैक्ट्रिक बस चलाना सम्भव नहीं था लेकिन अब अटल टनल रोहतांग के शुरू होने से ये आसान हो गया है निधन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने गूजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केश्भाई पटेल के निधन पर गहरा शोक जताया है दो बारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल का आज अहमदाबाद में निधन हो गया राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने अपने शोक संदेश में कहा कि केश्माई पटेल एक वरिष्ठ राजनेता थे और उन्होंने गुजरात को बहमूल्य सेवाए प्रदान की उनके निधन से जो रिक्तता आई है उसे भरा नहीं जा सकता मुख्यमंत्री ने कहा कि केशुभाई पटेल एक महान नेता थे जिन्होंने जनसंघ और भाजपा की मजबूती के लिए वर्षो तक कड़ी मेहनत की वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पार्टी ने एक मजबूत नेतृत्व को खोया है जिसकी भविष्य में भरपाई करना कठिन होगा

इनमें अदद बैड व्हील चेयर बीपी चैक उपकरण फेस शील्ड सहित अन्य उपकरण शामिल हैं

राठौर ने कहा कि वे जल्द ही टांडा और नेरचौक मैडिकल कॉलेज को ऐसे ही स्वास्थ्य उपकरण भेंट करेंगे